कन्न्र सरकार ने चीन से आने वाले सभी भारतीयों को दिल्ली के छावला और हरियाणा के मानेसर कैंप पर ठहराने का प्रति के राज किया गया है

वुहान में अधिकांश भारतीय छात्र और नागरिक फंसे हुए है केरल में कोरोना वायरस के संक्रमण के एक और मामले की पुष्टि हुई है कोरोना वायरस के लिए परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए इस व्यक्ति को अस्पताल के अलग वार्ड में रखा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि रोगी की हालत स्थिर है और उसकी निगरानी रखी जा रही है रोगी ने पिछले दिनों चीन की यात्रा की थी इससे पहले भारत में कोरोना वायरस के एक अन्य मामले की पुष्टि भी केरल में हुई थी राज्य में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वाइरस को लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है कोरोना वाइरस की जांच सुविधा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में शुरू हो गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार को राष्ट्रपति भवन के प्रागण में वार्षिक उद्यानोत्सव का उद्याटन करेंगे

जैसलमेर जिले के जालोड़ा में एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए